चौंतीस हजार छः सौ छत्तीस लोग हुए स्वस्थ कोविड मरीजों की संख्या बढ़ रही है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

प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या में लगातार कमी आ रही है